सारण जिले में छपरा स्टेशन के पास आज ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के तेरह डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण ग्यारह लोग घायल हो गये पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने आकाशवाणी को बताया कि यह हादसा सुबह करीब पौने दस बजे छपरा के गौतमस्थान रेलवे स्टेशन के पास हुआ इस दूर्घटना के कारण छपरा सूरत एक्सप्रेस छपरा मऊ सवारी गाड़ी और छपरा वाराणसी सवारी गाड़ी को आज रद्द कर दिया गया वहीं नई दिल्ली दरभंगा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस अहमदाबाद दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस और बलिया सियालदा एक्सप्रेस समेत नौ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है वाराणसी रेल मंडल क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर आवागमन को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं कटिहार से दिल्ली के बीच चलने वाली चम्पारण हमसफर एक्सप्रेस चार और पांच अप्रैल को रद्द कर दी गयी है वहीं किशनगंज से अजमेर के बीच चलने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस और पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली महानंदा एक्सप्रेस भी दो अप्रैल से सोलह अप्रैल तक विभिन्न तिथियों को रद्द रहेगी रेलवे ने मालगाड़ियों के अत्यधिक परिचालन और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण इन ट्रेनों को निरस्त किया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वे चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और किसी को भी सार्वजनिक धन का दुरूपयोग नहीं करने देंगे उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में लोगों ने उन पर भरोसा किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरे बहुमत के साथ राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया आज नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत देशभर में लोगों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से उन्होंने भ्रष्ट्राचार से देश के धन की रक्षा करने के हर संभव प्रयास किये हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षो में जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय लोगों की भागीदारी को जाता है इस अवसर पर पटना के राजेन्द्र नगर में आयोजित कार्यक्रम में पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद सहित पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा केरल की वायनाड संसदीय सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने कहा है कि राहुल गांधी ने केरल प्रदेश इकाई के अनुरोध के बाद वायनाड से लड़ने पर अपनी सहमति दे दी है भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के दो स्थानों से चुनाव लड़ने पर कहा है कि अमेठी में सम्भावित हार को देखते हुये उन्होंने केरल से भी खड़ा होने का फैसला किया है प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चूनाव के लिए प्रचार का शोर बढ़ गया है पटना में भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये वरिष्ठ भाजपा नेता और पटना साहिब से पार्टी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर झूठी राजनीति का आरोप लगाया श्री प्रसाद ने कहा महागठबंधन में न नेता है न नीति है और ना ही जनहित के मुद्दों को लेकर समर्पण का भाव है इधर उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा कि देश को एक मजबूर नहीं बल्कि एक मजबूत सरकार के लिए वोट करना चाहिए उन्होंने कहा कि अल्पमत की सरकारों से सिर्फ देश का नुकसान ही हुआ है वहीं जमुई में महागठबंधन के उम्मीदवार भूदेव चौधरी के लिए चुनावी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने केन्द्र सरकार की असफलताओं को सामने रखा उन्होंने कहा कि राजग के पांच साल के शासनकाल में मंहगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गयी है भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने महागठबंधन पर गम्भीर आरोप लगाये हैं पटना में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में सीपीआई को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया है उन्होंने कहा कि इसी कारण से कन्हैया को भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिया गया है वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि कन्हैया को बेगुसराय से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण ही उनकी पार्टी ने सीपीआई को महागठबंधन में शामिल नहीं किया हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वृषिण पटेल आज अपने समर्थकों के साथ रालोसपा में शामिल हो गये पटना में आयोजित कार्यक्रम में रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों के लिये कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन करेगी इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र पांच से दस अप्रैल के बीच भरे जायेंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा अप्रैल के अंत में होगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का परिणाम मई में घोषित कर दिया जायेगा वहीं श्री किशोर ने बताया कि वैसे परीक्षार्थी जो अपने अंक से संतुष्ट नहीं है वे उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिये ऑनलाइन आवेदन तीन से बारह अप्रैल तक कर सकते हैं राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तेज धूप से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है आज पटना का अधिकतम तापमान उनचालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं गया का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री जबकि भागलपुर का अधिकतम तापमान छत्तीस दशवमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग के अनुसार पिछले आठ सालों में मार्च महीने में पटना कायह अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड है इससे पहले सत्ताईस मार्च दो हजार दस को पटना का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था मौसम विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया है कि जलवायू विविधता का प्रभाव पटना के मौसम पर इन दिनों पड़ रहा है उन्होंने बताया कि कल से मौसम में कुछ बदलाव के आसार हैं मगध के प्रमुख राजनीतिक क्षेत्र औरंगाबाद में पहले चरण में मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा पेश है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट डिस्पैच औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनावी संघर्ष इस बार रोचक और रोमांचक हो गया हैस एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं सात अन्य उम्मीदवार भी चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड रहे हैं भाजपा ने इस बार फिर से अपने सांसद सुशील कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से उपेंद्र प्रसाद प्रत्याशी हैं बसपा के नरेश यादव और पूर्व विधायक सोम प्रकाश स्वराज पार्टी से प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र का सामाजिक समीकरण अपने पक्ष में होने के दावे कर रहे हैं एनडीए का दावा है कि उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना को शुरु कराकर उसने क्षेत्र को विकास की संजीवनी बूटी दी है वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बेरोजगारी नक्सल समस्या और आर्थिक पिछडेपन को मुद्दा बना रहे हैं पिछले लोक समा चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने सत्तर हजार मतों से निखिल कुमार को हराया था बिहार विमूति अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार के मुख्य सदस्य पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार का टिकट काट दिए जाने के कारण कांग्रेस में मायूसी है आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी वरूण कुमार पर चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थल का प्रयोग करने के आरोप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह के निर्देश पर पुपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वहीं शेखपुरा में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलंघन के आरोप में रालोसपा के निर्वाचन अभिकर्ता के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिप्रर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाथ एस ने बताया कि रजौली के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों के साथ फुलवरिया जलाशय के उस पार बसे ग्रामीणों को भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए पुलिस चौकस है समस्तीपुर जिले के उजियारपुर और समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कला जत्था के कलाकारों की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने बताया है कि यह अभियान छब्बीस अप्रैल तक चलाया जायेगा आकाशवाणी पटना के वरीय अभियंत्रण सहायक जालंधर राम सेवानिवृत्त हो गये इस अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर आकाशवाणी पटना के उप महानिदेशक वेद प्रकाश और निदेशक पीके ठाकुर समेत कार्यालय के अन्य लोग मौजूद थे शेखपुरा जिले के चेवाडा प्रखंड के एकरामा पंचायत से लाखों रुपये के सरकारी राशि के घपला मामले में आरोपी पंचायत सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब अंत में मुख्य समाचार छपरा से सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की तेरह बोगियां पटरी से उतरी